आउटसोर्स आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर भी लागू नहीं होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक मोहन लाल ब्राक्टा और विक्रमादित्य सिंह के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि नियमों में इसका प्रावधान नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कर्मचारी सरकार के नहीं है बल्कि इनकी नियुक्ति कंपनी के माध्यम से की गई है उन्होंने कहा कि कंपनियां किसी का शोषण नहीं कर पाएंगी और जिन कम्पनियों के खिलाफ शोषण की शिकायत आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी विधायक राकेश पठानिया के अनुप्रिक सवाल पर जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकारी पदों की भर्ती में आउटसोर्स कर्मचारियों को विशेष प्राथमिकता भी नहीं दी जा सकती है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि बहत सी एनजीओ ऐसी हैं जिनके पास लाखों रुपए आ रहे हैं और उनका उपयोग वे गरीबों को धन देकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए किया जा रहा है जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए इस तरह के सख्त कानून की आवश्यकता थी और कांग्रेस के कार्यकाल में लाए गए इस संबंधी कानून में कम संजा का प्रावधान था और इसमें संशोधन अधिक हो रहे थे इस विधेयक पर हुई चर्चा में शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज विधायक राकेश पठानिया आशा कुमारी राकेश सिंघा राकेश जम्वाल सुखविंद्र सिंह सुक्खू और जगत सिंह नेगी ने भी हिस्सा लिया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक का प्रस्ताव आज विधानसभा में पेश किया इसमें विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री मंत्रियों और विधायकों की वेतन और भत्ते बढ़ाने की व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री वक्तव्य मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली से मनाली आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की वाल्वो बस पर हरियाणा के पानीपत फ्लाई ओवर से पहले हुई गोलाबारी की घटना पर चिंता जताई है मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में एक विशेष व्यक्तव्य के माध्यम से सदन को बताया कि इस घटना में दो से तीन लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ अंबाला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना को लेकर प्रदेश पुलिस महानिदेशक एसआर मरढी ने हरियाणा के डीजीपी से बात की है डीजीपी हरियाणा ने आश्वासन दिया है कि इस घटना की उचित जांच करवाकर मामले को जल्द से जल्द सुलझाए जाने का प्रयास किया जाएगा अनुराग केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि गम्गल हवाई अड्डे को प्रदेश के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके वे आज कांगड़ा जिला के देहरा में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे रेल विस्तारीकरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही रेल लाईन के निर्माण कार्य को पूरा करने के बाद ही नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे अनुराग ठाक्र ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए वित्तीय योजनाएं तैयार की जा रही हैं इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया